पहले चरण में सबसे अधिक मतदान डोंगरगांव में पचयासी दशमलव एक पांच प्रतिशत जबकि सबसे कम सैंतालीस दशमलव तीन पांच प्रतिशत मतदान बीजापुर में दर्ज किया गया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज शाम पत्रकारवार्ता में बताया कि इस विधानसभा चुनाव में औसत मतदान छिहत्तर दशमलव दो आठ प्रतिशत रहा जबकि वर्ष दो हजार तेरह में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन अट्ठारह सीटों पर पचहत्तर दशमलव नौ तीन प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे इस तरह से इस बार थोड़ा अधिक मतदान हुआ है मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में सबसे अधिक मतदान डोगरगाव में पचयासी दशमलव एक पांच प्रतिशत हुआ वहीं सबसे कम मतदान सैंतालीस दशमलव तीन पांच प्रतिशत बीजापुर में दर्ज किया गया है श्री साहू ने बताया कि खैरागढ़ में चौरासी दशमलव तीन एक प्रतिशत डोंगरगढ़ में बयासी दशमलव पांच तीन राजनांदगांव में अटहत्तर दशमलव छह छह खूज्जी में चौरासी दशमलव चार आठ मोहला मानपूर में अस्सी प्रतिशत मतदान हुआ है अंतागढ़ सीट पर चौहत्तर दशमलव चार पांच प्रतिशत भानुप्रतापपुर में छिहत्तर दशमलव सात सात कांकेर में अटहत्तर दशमलव पांच चार केशकाल में इकयासी दशमलव तीन दो कोंडागांव में बयासी दशमलव आठ चार नारायणपूर में चौहत्तर दशमलव चार शून्य बस्तर में तिरासी दशमलव पांच एक जगदलपुर में अटहेत्तर दशमलव दो चार चित्रकोट में अस्सी दशमलव तीन एक दंतेवाड़ा में साठ देशमलव छह दो कोंटा में पचपन दशमलव तीन शून्य प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है श्री साहू ने बताया कि पहले चरण के मतदान में अंदरूनी इलाकों में अधिक मतदान हुआ है वहीं पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सात मतदान दलों को छोड़कर बाकी सभी मतदान दल जिला मुख्यालय लौट आए हैं ये सात मतदान दल भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और फिलहाल सुरक्षा बलों के कैम्प में रूके हुए हैं ये मतदान दल भी कल वापस लौट आएंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदरूनी इलाकों में इस बार हुए ज्यादा मतदान का श्रेय इन इलाकों के मतदाताओं के साथ साथ जिलों में चलाई गई मतदाता जागरूकता गतिविधियों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को दिया है विस चुनाव राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में पहले चरण के लिए हए शांतिपूर्ण मतदान के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा है माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों के मतदान बहिष्कार की धमकी और क्षेत्र की द्र्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने निर्भीक होकर बड़ी संख्या में मतदान किया यह लोकतंत्र की जीत है राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले जवानों और शासकीय कर्मचारियों को भी बधाई दी है गौरतलब है कि कल बारह नवंबर को बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले की अट़ठारह सीटों के लिए वोट डाले गए

इस चरण में बहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की बीस तारीख को वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण में कल एक हजार एक सौ अड़तालीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इन बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है विभिन्ने पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक जगह जगह चुनाव सभाएं ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपनी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कवर्धा जिले के पंडरिया और जांजगीर चांपा जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आज कोरबा और बलरामपुर जिले में जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी भी आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर हैं उन्होंने आज महासमुद में चुनाव रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा श्री गांधी ने जांजगीर चांपा और खरसिया में भी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया चांपा की सभा में श्री गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर दिया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया श्री गांधी कल चौदह नवंबर को कटघोरा कोरबा तखतपुर कवर्धा और भिलाई की जनसभा में शामिल होंगे वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रायपुर के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की श्री सुरजेवाला ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है माओवादी वारदात बस्तर जिले में आज सुबह माओवादियों ने कई जगहों पर विस्फोट किए जिसमें दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए घटना उस समय हई जब विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी सुरक्षाकर्मियों कर्क साथ जगदलपुर जिला मुख्यालय लौट रहे थे माओवादियों ने मतदानकर्भियों को निशाना बनाने के इरादे से गुमलवाड़ा के पास एक के बाद एक बीस विस्फोट किए इस घटना में मतदानकर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है हालांकि दो जवान घायल हुए हैं वहीं सुकमा जिले के चिंतलनार में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार चिंतलनार थाने के अंतर्गत तिम्मापुर इलाके में माओवादियों ने खेत की मेड़ में विस्फोटक ॅलगा रखा था जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई इसी इलाके में बीती शाम सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक घायल समेत दो माओवादियों को पकड़ा गया है मौके से एक देशी कटटा सहित दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है उधर राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के मोहगांव के पास सुरक्षा बलों ने विस्फोटक बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार पुलिस दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे गए पंद्रह पंद्रह किलो के तीन आईईडी बम बरामद किए हैं इधर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ केशकुतुल मार्ग पर सुरक्षा बलों ने एक किलो वजन का विस्फोटक बरामद किया है बाद में इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया सुरक्षा बलों ने मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है अनंत कुमार अंतिम संस्कार केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनन्त कमार का आज शाम बंगलुरू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत अनेक नेताओं ने दिवंगत नेता को अन्तिम श्रद्वांजलि अर्पित की इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को बंगलुरू में वासवनागुड़ी के नेशनल कॉलेज मैदान में जनता के अन्तिम दर्शनों के लिए रखा गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात वासवनागुड़ी में दिवंगत नेता के घर जाकर उन्हें अन्तिम श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी गौरतलब है कि श्री कुमार का कल बंगलुरू में बीमारी के बाद निधन हो गया था श्री कुमार के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान राजधानी रायपुर और अटल नगर स्थित मंत्रालय तथा अन्य सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वज आधा झुका दिया गया है

वे तिरासी वर्ष के थे अविभाजित मध्यप्रदेश में शिक्षा में नाटक के माध्यम से नवाचार का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रदेशभर में विशेष पहचान मिली थी

कांग्रे स निष्कासन प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण नोबल कुमार वर्मा और नितेश वर्मा को कांग्रेस की सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है वहीं पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण सुमन वर्मा को भी पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है छठ पर्व चार दिनों तक चलने वाले सूर्य की उपासना का पर्व छठ का आज तीसरा दिन है व्रतधारी महिलाओं ने आज कमरभर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य देकर छठी माई और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की इस मौके पर विशेष प्रकार का पकवान ठेकवा मालपुआ खजुर चावल का बना लड़डू और मौसमी फल के साथ सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं इस पर्व को लेकर रायपुर के महादेवघाट पर जोरदार तैयारियां की गई हैं स्वच्छता के साथ ही रंग बिरंगी रौशनी से घाट को सजाया गया है